कई नदी नाले उफान पर हैं अंबिकापुर के घुनघुटटा बांध में पानी की आवक बढ़ने के कारण सभी आठ गेट खोल दिए गए हैं बांध से लगातार एक हजार क्यूसेक पानी छोड़ा जा रहा है गौरतलब है कि बीते चौबीस घंटों के दौरान जिले में सत्तर मिलीमीटर से अधिक बारिश दर्ज की गई है इधर धमतरी जिले में बीती रात से रूक रूककर हो रही बारिश के चलते कई इलाकों में पानी जमा हो गया है नगर के आसपास के खेतों में भी पानी भरा हुआ है नगर के रहवासियों ने निकासी नालियों के जाम होने से बरसाती पानी के घरों के अंदर घुसने की आशंका जताई है वहीं बीती रात से हो रही बारिश के कारण जिले के गंगरेल बांध में पांच हजार एक सौ छियालीस क्यूसेक सोंदूर बांध में तीन हजार सात सौ बावन क्यूसेक मॉडम सिल्ली बांध में दो हजार तीन सौ उनहत्तर और दुधावा बांध में पांच सौ बत्तीस क्यूसेक पानी की आवक हो रही है उधर राजनांदगांव जिले में छुईखदान क्षेत्र के भूरभुसी गांव में छह मकान ढह गए हैं जिले में शिवनाथ नदी भी उफान पर है रायगढ़ में भी करीब एक दर्जन मोहल्लों में जनभराव की स्थिति बन गई है गुजराती पारा मोदी नगर सहित अनेक बस्तियों और श्याम टॉकीज रोड पर स्थित दुकानों में भी पानी भर गया है केलो नदी भी उफान पर है लगभग आधा दर्जन घर बारिश की वजह से ढहने की खबर मिली है भारी बारिश से प्रभावित लोगों के लिए सोलह राहत शिविर बनाए गए हैं

जिले में अनेक नदी नाले उफान पर हैं दुर्ग जिले में भी महमरा एनीकट के एक फीट ऊपर से पानी बह रहा है जिसके कारण यहां आवागमन बंद कर दिया गया है जिला प्रशासन ने एहतियात के तौर पर जिले के सभी शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में हाई अलर्ट जारी किया है बालोद जिले में भी लगातार बारिश से जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है इस बारिश ने किसानों को राहत तो दी है लेकिन लगातार बदली के कारण फसलों पर कीट का प्रकोप भी शुरू हो गया है खासकर तना छेदक रोग तेजी से बढ़ रहा है जिसके कारण किसान परेशान नजर आ रहे हैं राजधानी रायपुर और बिलासपुर में बीती रात से झड़ी लगी हुई है इसके अलावा बस्तर संभाग के अधिकांश इलाकों में भी बारिश होने के समाचार हैं मौसम विभाग के अनुसार झारखंड के ऊपर एक निम्न दाब का क्षेत्र बना हुआ है साथ ही ऊपरी हवा में चक्रवाती घेरा और मानसून द्रोणिका भी स्थित है इसी के चलते प्रदेश के अधिकांश स्थानों में वर्षा हो रही है विभाग के अनुसार कल भी प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर हल्की से मध्यम वर्षा होने की संभावना है वहीं बिलासपुर सरगुजा रायपुर और दुर्ग संभाग के कई स्थानों पर भारी से अति भारी बारिश होने की चेतावनी दी गई है विस अनुपूरक बजट पारित राज्य विधानसभा में आज चालू वित्तीय वर्ष के लिए पहले अनुपूरक बजट को पारित कर दिया गया यह अनुपूरक बजट करीब तीन हजार आठ सौ सात करोड़ रूपये का है सदन में आज अनुपूरक मांगों पर चर्चा हुई जिसमें पक्ष और विपक्ष के अनेक सदस्यों ने भाग लिया इस चर्चा का जवाब देते हुए मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि यदि केन्द्र द्वारा छत्तीसगढ़ को जीएसटी के तहत अट्ठाईस सौ करोड़ रूपये की राशि मिल जाती तो राज्य को कर्ज लेने की जरूरत नहीं पड़ती उन्होंने कहा कि सरकार को यदि किसानों के हित में और कर्ज लेने की जरूरत पड़ी तो वह उसे भी लेगी उन्होंने कहा कि राज्य सरकार की प्राथमिकता में किसान आदिवासी और महिलाओं का कल्याण है विधानसभा स्थगन प्रस्ताव राज्य विधानसभा के मानसून सत्र के आज तीसरे दिन विपक्ष ने कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने की कोशिश की बीते दिनों मुख्यमंत्री निवास के समक्ष एक युवक द्वारा आत्मदाह करने के मामले को लेकर विपक्ष के चौदह सदस्यों ने आज स्थगन प्रस्ताव पेश कर सदन की बाकी कार्यवाही को स्थगित कर इस मामले पर चर्चा कराने की मांग की इस स्थगन प्रस्ताव में आरोप लगाया गया कि वर्तमान सरकार ने प्रदेश में रोजगार के अवसर समाप्त कर दिए हैं आरक्षक शिक्षक लिपिक जैसे अनेक पदों के लिए हुई परीक्षा के परिणाम लगभग दो साल बाद भी घोषित नहीं हो पाए हैं इस कारण बेरोजगार युवकों में कुंठा घर कर गई है उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निवास के सामने धमतरी जिले के युवक हरदेव सिन्हा द्वारा आत्मदाह किए जाने की घटना शिक्षित बेरोजगारों के साथ राज्य सरकार द्वारा की गई वादाखिलाफी का परिणाम है जवाब में गृह मंत्री ताम्रध्वज साहू ने विपक्ष के आरोपों का खंडन करते हुए कहा कि उच्च न्यायालय के निर्णय के अधीन पुलिस विभाग में आरक्षक चयन प्रक्रिया को पूरी करने की कार्रवाई जारी है उन्होंने कहा कि मृतक ने अपने मरणासन्न कथन में किसी भी तरह का आरोप नहीं लगाया है इस घटना की जांच पुलिस द्वारा की जा रही है इस समय सदन में स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता पर चर्चा हो रही है अभी तक पक्ष विपक्ष के सदस्यों ने इस पर अपने विचार व्यक्त किए हैं विधानसभा ध्यानाकर्षण बीते दिनों बिलासपुर जिले के तखतपुर में करीब पचास मवेशियों की मृत्यु के मामले पर विपक्षी सदस्यों द्वारा लाए गए ध्यानाकर्षण प्रस्ताव पर आज विधानसभा में चर्चा हुई अपने ध्यानाकर्षण सूचना में विपक्षी सदस्यों ने इस घटना के लिए राज्य सरकार द्वारा रोका छेका अभियान के तहत कलेक्टरों को दिए गए निर्देशों को जिम्मेदार माना विपक्षी सदस्यों ने कहा कि गौठानों की जिम्मेदारी पंचायतों को दे दी गई है लेकिन इसके लिए पंचायतों को समुचित राशि उपलब्ध नहीं कराई गई है उन्होंने कहा कि प्रदेश में बीस हजार गांवों में से अब तक मात्र करीब ढाई हजार गांवों में ही आधे अधूरे सुविधाहीन गौठान बनाए गए हैं अपने जवाब में कृषि मंत्री रविन्द्र चौबे ने बताया कि प्रदेश में पांच हजार आठ सौ से अधिक गौठान स्वीकृत किए गए हैं अब तक तीनहजार से अधिक गौठान बन चुके हैं जिनमें जरूरी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराईगई हैं उन्होंने कहा कि बिलासपुर जिले में करीब पैंतालीस मवेशियों की मृत्यु छोटे कमरे में उन्हें रखे जाने और गोबर आदि से उत्पन्न गैस के कारण दम घुटने से हुई थी कृषि मंत्री ने कहा कि इन पशुओं को जंगल में छोड़े जाने के उद्देश्य से इस कमरे में रखा गया था ताकि फसलों को नुकसान से बचाया जा सके कृषि मंत्री ने बताया कि रोका छेका अभियान के तहत गौठान संचालन की जिम्मेदारी गौठान प्रबंधन समिति को दी गई है और इसके लिए समिति को हर महीने अनुदान के रूप में दसहजार रूपये की राशि दी जाती है

महासमुंद के पुलिस अधीक्षक सहित जिले में आज दस नये कोरोना संक्रमितों की पहचान हुई है इधर दुर्ग जिले के मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर गंभीर सिंह ठाकुर ने बताया कि आज जिले में उनसठ नये कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई है सबसे अधिक आठ मरीज अम्लेश्वर पाटन क्षेत्र से मिले हैं वहीं उतई थाने के तीन आरक्षक भी कोरोना संक्रमित पाए गए हैं उधर बस्तर जिले में आज इक्कीस नये कोरोना पॉजीटिव मरीज मिले हैं इनमें सबसे अधिक सोलह मरीज जगदलपुर शहर के हैं साथ ही केंद्रीय कारागार में भी सात मरीज मिले हैं वहीं प्रदेश में कल बीती रात तक बारह सौ नौ कोरोना संक्रमित मरीजों की पुष्टि हुई थी इनमें सबसे अधिक रायपुर जिले से छह सौ अट्ठारह मरीज मिले हैं वहीं दुर्ग से एक सौ चौदह रायगढ़ से संतानवे राजनांदगांव से सैंतालीस महासमुंद से छत्तीस बीजापुर से अट्ठाईस बिलासपुर से पच्चीस बस्तर से तेईस नारायणपुर धमतरी और सरगुजा से बीस बीस मरीज मिले थे प्रदेश में बीती रात तक मरीजों का आंकड़ा साढ़े चौबीस हजार को पार कर गया है राज्य में सक्रिय मरीजों की संख्या दस हजार से अधिक हो गई है वहीं कल दस लोगों की कोरोना संक्रमण से मौत भी हुई इसे मिलाकर प्रदेश में कोरोना से अब तक दो सौ इकतीस लोगों की जान जा चुकी है वहीं चार सौ तेरह मरीजों को कल स्वस्थ होने के बाद अस्पताल से छुट्टी दी गई इसे मिलाकर प्रदेश में स्वस्थ होने वाले मरीजों का आंकड़ा चौदह हजार से अधिक हो गया है

इधर दूर्ग जिले में कोरोना संक्रमण से बचाव के लिए नगर निगम स्वास्थ्य विभाग और महिला तथा बाल विकास विभाग की संयुक्त टीम घर घर दस्तक दे रही है इस दौरान टीम के सदस्यों द्वारा लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी ली जा रही है टीम अब तक चौव्वन हजार से अधिक घरों में दस्तक दे चुकी है इस दौरान टीम ने दो लाख चौबीस हजार से अधिक लोगों के स्वास्थ्य की जानकारी जुटाई है विधानसभा कोरोना बयान छत्तीसगढ़ में कोरोना से संक्रमित रोगियों का पता लगाने के लिए अगले माह से बीस हजार नमूनों की जांच की जाएगी इस समय दस से बारह हजार नमूनों की जांच प्रतिदिन की जा रही है राज्य विधानसभा में कल स्थगन प्रस्ताव पर हुई चर्चा का जवाब देते हुए स्वास्थ्य मंत्री टीएस सिंहदेव ने बताया कि प्रदेश में बाईस हजार से अधिक क्वारंटीन सेंटर बनाये गये हैं इनमें सात सौ अटहत्तर शहरी क्षेत्रों में है चर्चा के दौरान मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने आश्वासन दिया कि कोरोना संक्रमण की रोकथाम और नियंत्रण के लिए सदस्यों द्वारा दिये सुझाव को केन्द्र सरकार के पास भेज दिया जायेगा सदन ने ध्वनिमत से कोरोना योद्वाओं को उनके द्वारा दी गई अथक सेवाओं के लिए आभार भी व्यक्त किया साक्षात्कार महिला सदस्य राज्य सरकार ने साक्षात्कार चयन और पदोन्नति समिति में अब महिला सदस्य को रखा जाना अनिवार्य कर दिया है जारी आदेश के अनुसार समस्त विभागों के अधीन गठित साक्षात्कार चयन पदोन्नति और छानबीन समिति में अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ा वर्ग का प्रतिनिधित्व अनिवार्य कर दिया गया है इन समितियों में महिलाओं के प्रतिनिधित्व के लिए अब एक महिला सदस्य रखा जाना भी अनिवार्य होगा हाईकोर्ट फीस याचिका वैश्विक महामारी कोरोना के दौरान प्रदेश के निजी स्कूलों द्वारा ट्यूशन फीस वसूली के मामले को लेकर लगाई गई याचिका को छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय ने सुनवाई के लिए स्वीकार कर लिया है इस मामले में उच्च न्यायालय ने राज्य सरकार और निजी स्कूलों को नोटिस जारी कर जवाब देने के लिए छह हफ्ते का समय दिया है दाखिल याचिका में छत्तीसगढ़ उच्च न्यायालय के पूर्व के आदेश को निजी स्कूलों द्वारा गलत तरीके से परिभाषित कर ट्यूशन फीस लेने का आरोप लगाया गया है साथ ही राज्य सरकार से एक समिति बनाकर शुल्क वसूली की समीक्षा करने की मांग की गई है

छत्तीसगढ़ की ओर से मंत्री टीएस सिंहदेव इस बैठक में शामिल हुए बैठक के दौरान केंद्रीय वित्त मंत्री ने जीएसटी क्षतिपूर्ति के विषय पर केन्द्र द्वारा अटॉर्नी जनरल से ली गई राय पर राज्यों से सुझाव मांगे चर्चा के दौरान मंत्री श्री सिंहदेव ने जीएसटी क्षतिपूर्ति की राशि तुरंत जारी करने की मांग की साथ ही उन्होंने जीएसटी लागू होने के पांच वर्ष पूरे होने के बाद भी केन्द्र सरकार द्वारा राज्यों को जीएसटी क्षतिपूर्ति जारी रखने का आग्रह किया माओवादी आत्मसमर्पण दंतेवाड़ा जिले में तीन इनामी सहित पांच माओवादियों ने सुरक्षा बलों के समक्ष आत्मसमर्पण किया है मिली जानकारी के अनुसार इन माओवादियों ने सीआरपीएफ के उप पुलिस महानिरीक्षक और दंतेवाड़ा पुलिस अधीक्षक के सामने आत्मसमर्पण किया बताया जाता है कि ये पांचों माओवादी दंतेवाड़ा के दिवंगत विधायक भीमा मंडावी की हत्या में शामिल थे एसीबी कार्रवाई एंटी करप्शन ब्यूरो की टीम ने जशपुर में पदस्थ प्रभारी तहसीलदार को पचास हजार रूपये की रिश्वत लेने के आरोप में गिरफ्तार किया है बताया जाता है कि आवेदक की भूमि के नामांतरण और ऋण पुस्तिका बनाकर देने के नाम पर प्रभारी तहसीलदार द्वारा कथित रूप से चार लाख रूपये की मांग की गई थी जिसके बाद आवेदक ने इसकी शिकायत अंबिकापुर के एसीबी कार्यालय में की थी इसके बाद एसीबी की टीम ने आज कार्रवाई कर आरोपी तहसीलदार को गिरफ्तार किया

यह मान्यता दो साल के लिए मिली है दो साल के बाद केंद्रीय चिड़ियाधर प्राधिकरण की ओर से कानन पेंडारी जू का निरीक्षण किया जाएगा निरीक्षण के दौरान सभी मापदंड सही पाए जाने पर मान्यता बढ़ाई जा सकेगी गौरतलब है कि वर्तमान में कानन पेंडारी को स्मॉल जू का दर्जा प्राप्त है यहां लगभग पैंसठ प्रजाति के छह सौ से ज्यादा वन्यप्राणी रखे गए हैं आभार योजना बस्तर जिले को और अधिक हरा भरा बनाने के लिए एक अनोखी योजना आभार शुरू की गई है इस योजना के तहत राशन कार्डधारी अपने परिवार के साथ फलदार पौधे लगाकर अपने गांवों को हरा भरा रख सकेंगे साथ ही इन पौधों की रखवाली का जिम्मा राशन कार्डधारी और उनके परिवार का होगा इस दौरान समय समय पर पौधों की निगरानी भी की जाएगी राज्य वन्यजीव बोर्ड के सदस्य हेमंत कश्यप ने बताया कि बस्तर जिले के ग्रामीण क्षेत्रों में तीन सौ छियासठ राशन दुकानें संचालित हैं इन दुकानों से प्रतिमाह एक लाख तिरसठ हजार से अधिक राशन कार्डधारी अनाज उठाते हैं उन्होंने कहा कि इस योजना को यदि प्रदेशभर में लागू कर दिया जाए तो सिर्फ राशन कार्डधारियों के आधार पर ही करीब एक करोड़ से अधिक पौधे रोपे जा सकते हैं उन्होंने बताया कि ग्राम पंचायत बिलौरी में प्रत्येक राशनकार्ड में दर्ज सदस्यों की संख्या के हिसाब से फलदार पौधों का रोपण किया जा रहा है इस बीच आभार योजना के तहत वन विभाग और उद्यान विभाग की नर्सरी में पौधा तैयार करने का काम भी शुरू कर दिया गया है